प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदिशा और जबलपुर में जनसभाए करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के लिये करेंगे रैलियां प्रदेश में अब तक चार करोड़ सेंतालीस लाख से अधिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे एमसी मैरीकॉम ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी में रिकार्ड छठवीं बार स्वर्ण पदक जीता चुनाव प्रचार प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार चरम पर है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदिशा और जबलपुर में रैलियों को सम्बोधित करेंगे विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए सुरक्षा के प्रख्ता इंतजाम किये गये हैं तय कार्यक्रम के अनुसार श्री मोदी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे यहां पहंचेंगे वे शाम छह बजे जबलपुर में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज प्रदेश के दौरे पर हैं वे आगरमालवा मंदसौर और नीमच जिले में प्रचार करेंगी वहीं भाजपा की स्टार प्रचारक हेमामालीनी राजगढ़ होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिये वोट मांगेगी मुख्यमत्रीं शिवराज सिंह चौहान बैतूल खरगोन खंडवा देवास उज्जैन आगरमालवा और रतलाम जिले की विधानसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगे उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश के दौरे पर हैं श्री यादव आज टीकमगढ़ और छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे मतदाता पर्ची विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी करीब करीब पूरी कर ली गई हैं

मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलीमांति अवगत करवाने के लिये मतदाता मार्गदर्शिका वोटर गाइड में मतदान कैसे करें की जानकारी दी गई है साथ ही ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने के लिये वोट देने की प्रक्रिया भी बताई गई है मतदान केन्द्र के आस पास एवं मतदान के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें के संबंध में मतदाताओं को जानकारी दी गई है प्रत्याशी खर्च विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक का खर्चा प्रत्याशी के खर्च में शामिल कियो जायेगा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कोल ने कल बताया कि स्टार प्रचारक के एयरकाफ्ट और हेलीकॉप्टर यात्रा व्यय पर हुए खर्चे को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा

उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक नेता दलीय प्रचार से हटकर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार प्रसार करता है तब उस कार्यक्रम पर किया गया व्यय उम्मीदवार के खाते में डाल दिया जायेगा दलों और आयोजकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हए सरकारी एजेन्सियों द्वारा बैरीकेट या मंच इत्यादि का निर्माण किया जाता है यह खर्च भी उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे उम्मीदवार के खाते में व्यय डाला जायेगा यदि उस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र के अम्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं तो उनका व्यय भार समान रूप में बांटा जायेगा

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह प्रसारण उपलब्ध रहेगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा

कुछ समय बाद आप सब अपने में सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे राज्यपाल कल ग्वालियर जिले के ग्राम अड्रपुरा के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को संबोधित कर रही थीं

राज्यपाल ने इस दौरान स्थानीय आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को फल और टॉफियां वितरित कीं साथ ही बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली मतदान शपथ महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ अशोक कुमार भार्गव ने कल संचालनालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई भोपाल स्थित संचालनालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ भार्गव ने कहा कि संविधान द्वारा दी गई वोट की ताकत का हमें निर्भय होकर निष्पक्ष रूप से उपयोग करना चाहिए यह हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है डॉ भार्गव ने कहा कि मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय लालच तथा बिना धर्म जाति का भेदभाव किये स्वतंत्र रूप से सोच समझ कर करना चाहिए

इस मौके पर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं संविधान दिवस पर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़कर सुनाया जायेगा इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में संविधान के प्रति जागरूकता के लिये निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण के कार्यक्रम आयोजित होंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत के संविधान की उद्देशिका भी सरकारी कार्यालयों को प्रेषित की है मैरीकॉम जीत महिला मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम ने रिकॉर्ड छठी बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है

मुकाबला जीतने के बाद मैरीकॉम ने स्वर्ण पदक देश को समर्पित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मैरीकॉम को इस सफलता पर बधाई दी है

प्रणय खरे ने यह पद प्रतियोगिता के शो जंपिंग टॉप स्कोर तथा शो जंपिंग मीडियम ग्रेड इवेंट में डेमोक्रेट घोड़े पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जित किये हैं खेल संचालक डॉ एसएल थाउसेन ने सीनियर नेशनल शो जंपिंग घुड़सवारी प्रतियोगिता में श्री खरे के बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है